भर्ती जिम्मेदारी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विभागों में भर्ती के लिए संबंधित सचिवों की जिम्मेदारी तय की है सचिवालय में सरकारी विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में शिथिलता पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही उन्होंने ने भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट हर दस दिन में सचिव कार्मिक को उपलब्ध करवाये जाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों और इन्हें भरने के लिए की गई कार्यवाही का पूरा विवरण उपलब्ध न करवाने वाले विभागों पर नाराजगी व्यक्त की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिक्त पदों पर भर्ती जल्द से जल्द करवाना चाहती है ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और कर्मचारियों के अभाव में विकास के कार्य बाधित न हों इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी मुख्यमंत्री ने शासन स्तर पर समिति बनाने के निर्देश दिए जो विभागों में रिक्त पदों की स्थिति और इन्हें भरने के लिए की जा रही कार्यवाही की लगातार मॉनिटरिंग करेगी इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के समान प्रकृति के पदों को भरने की प्रक्रिया एक साथ सम्पन्न कराने पर जोर दिया इससे आवेदकों को बार बार आवेदन करने से राहत मिलेगी प्रकाश जावडेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिये सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ तालमेल कायम करके केन्द्र सरकार के सभी कार्यक्रमों और उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं का प्रचार प्रसार करता है आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी मीडिया इकाइयों के माध्यजम से किया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि पत्र सूचना कार्यालय ने सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी

मेले की तैयारियों से संबंधित बैठक में उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को पूरा करने में अगर कोई परेशानी आये तो सीधे उनके संज्ञान में लाया जाए मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि खराब गुणवत्ता वाले निर्माण कार्यो को ध्वस्त कर दिया जायेगा जिसका जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी कुम्भ मेले में तीर्थयात्रियों की अधिक संख्या की संभावना को देखते हुए मुख्य सचिव ने रूड़की बाई पास और हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग के सुदृढ़ीकरण के काम को युद्धस्तर पर करने की हिदायत दी है इन परियोजनाओं को समयबद्धता से पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था और पुलिस विभाग को एक एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए हैं आईआईपी सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में दो दिवसीय इंडो आस्ट्रेलिया कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अभिनव नवोन्मेष के संबंध में जानकारी दी गई कार्यशाला का आयोजन एसीएसआइआर इंडिया और आरएमआइटी ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से किया सीएसआईआर आईआईपी के निदेशक डा अंजन रे ने कहा कि प्रौद्योगिकी नवाचार के प्रति अनुसंधान ज्ञान में सुधार करने के लिए कार्यशाला बहुत उपयोगी है साथ ही विज्ञान और तकनीकी के संदर्भ में राष्ट्र को विकसित करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सक्रिय सहयोग का निर्माण करती है आरएमआईटी के प्रोफेसर कैलम ड्रमंड ने टिप्पणी की कि यह दो देशों के शोधकर्ताओं के बीच बातचीत का अवसर है ताकि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण साझेदारी के जरिए नए विचारों को विकसित किया जा सके प्रो सुरेश भार्गव के नेतृत्व में सात सदस्यीय आरएमआईटी प्रतिनिधिमंडल ने सीएसआईआर आईआईपी का दौरा किया और वैज्ञानिकों और पीएचडी छात्रों के साथ बातचीत की विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ साथ पोस्टर सत्र का भी आयोजन किया गया विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद प्रेमचंद अग्रवाल अग्रवाल ने कहा है कि ऋषिकेश का विकास स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किया जाएगा

उन्होंने देहरादून में शहरी विकास विभाग के साथ बैठक में प्रस्तावित योजना की जानकारी ली

दिल्ली में चल रहे ट्राइबल फेस्टिवल में गृहमंत्री अमित शाह ने यहां के मंडुवे के बिस्कुट का स्वाद चखा और सराहा इससे काश्तकार और उत्पादक बेहद उत्साहित हैं दिल्ली हाट में चल रहे महोत्सव में बागेश्वर जिले के लोहारखेत कपकोट के हिलांस नाम से प्रसिद्ध मंडुवे के बिस्कुट भी रखे गए हैं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बंधन योजना के तहत देश के दूरदराज के इलाकों को राजधानी दिल्ली में एक बाजार देने के उद्देश्य से यह ट्राइबल फेस्टिवल लगाया गया है इस महोत्सव के जरिए जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति को भी पहचान देना है आजीविका के परियोजना अधिकारी धमेन्द्र पांडे ने आकाशवाणी को बताया मंडुवे के बने बिस्कुट और नमकीन को राष्ट्रीय पहचान मिल रही है अब यहां के बिस्कूट जयपुर भी भेजे जाएंगे

मौसम प्रदेश में दो दिनों बाद आज मौसम खुल गया पिछले दो दिनों से बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित रहा उच्च हिमालय से सटे इलाके में हिमपात के बाद आज मौसम खुला और ध्रप खिली इससे लोगों को दिन में ठंड से राहत मिली लेकिन शाम ढलते ही फिर बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई मैदानी और घाटी वाले क्षेत्रों में सुबह कहीं कहीं कोहरा भी छाया रहा पहाड़ों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है

इस दौरान उन्होंने टेम्परेट रीजन में उगाई जाने वाली बहुवर्षीय चारा घासों के साथ ही दोलनी गुच्छी राई ब्रोम बटर गुणी सीता और नैपियर घास के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की इन पशुपालकों को बहुवर्षीय घास की बुवाई की विधि बीज दर और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की विधि बताई गई साथ ही आधुनिक पशुपालन पशुपोषण पशुप्रबंधन डेरी व्यवसाय से होने वाले लाभ और पशुओं में होने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई बैठक रुद्रप्रयाग उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी ने आज रुद्रप्रयाग में संबंधित विभागों की बैठक लेते हुए आपस में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि बाल अधिकार से संबधित मुद्दे अत्यंत संवेदनशील होते हैं जिन पर तत्परता और जिम्मेदारी समझते हुए कार्य करना होगा

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्कूलों को बजट का आंवटन भले ही देर से दिया जाता है लेकिन सम्पूर्ण धनराशि दे दी जाती है

युवा महोत्सव नई टिहरी में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से जिलास्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया जिले के नौ विकास खण्डों के प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया इस मौके पर स्थानीय संस्कृति से जुड़े लोक गीत लोक नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कारों को व्यापक स्वरूप प्रदान करने और युवाओं को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान हल्द्वानी के सहायक निदेशक डी एस मर्तोलिया ने इस बात की जानकारी दी